न्यायमूर्ति महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर की याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा श्री दिलावर की याचिका को रद्द किये जाने के आदेश को भी अपास्त किया उधर श्री दिलावर ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को शिरोधार्य बताते हुए कहा कि इस बारे में कानूनी सलाह लेकर चर्चा की जायेगी कि आगे क्या करना है

सदन में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष उप नेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि कोरोना के कारण सरकार के राजस्व संग्रह में भारी कमी आई है इसलिए सरकार को रिवाइज बजट पेश करना चाहिए विधानसभा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सदन में विधायी कार्य निपटाए जा रहे हैं इस कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल को स्थगित कर दिया गया है कांग्रेस कार्य समिति की आज नई दिल्ली में हो रही वर्चुअल बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना पद छोड़ने की पेशकश की है बैठक शुरू होने के बाद श्रीमती गांधी ने कहा कि वे अब इस पद पर काम नहीं करना चाहती हालांकि इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी के कई नेताओं ने श्रीमती गांधी से पद पर बने रहने का आग्रह किया है

सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए वस्तु और सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरु कर दिया है

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री जेटली को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने कर्मठतापूर्वक देश की सेवा की

इस मौके पर वित्त मंत्रालय के एक ट्वीट में माल और सेवाकर जीएसटी को लागू करने में श्री जेटली के योगदान की सराहना की गई है मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कर सुधार के क्षेत्र में इस कदम को इतिहास में एक प्रमुख योगदान के रूप में याद किया जाएगा प्रदेश में मानसून की अच्छी बारिश का दौर जारी है

राजधानी जयपुर में कल देर रात से ही रिमझिम बारिश का दौर बना हुआ है पाली जिले में भी अच्छी बारिश होने से नदियों में पानी की आवक शुरू हो गई है